बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जनता दल यूनाईटेड के नेता राजीव रंजन सिंह अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल एआईएमआईएम नेता असद्ददीन ओवैसी और अन्य नेता शामिल हुए बैठक में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पार्टी के सात सांसदों का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों को हर सम्भव सहयोग देने का आश्वासन दियाहै स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा केरल तेलंगाना कर्नाटकराजस्थान महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाड् के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की उन्होंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से भी वार्ता की डॉ हर्षवर्धनने अपने अपने राज्यों में मरीजों के स्वास्थ्य और स्थिति पर नजर रखने की उन्हें सलाह दी

देश में नोवल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन के दस नए मामलों की पुष्टि हुई है अब तक संक्रमण के कल साठ मामले सामने आये हैं नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीवा कुमार ने कहा है कि आठ मामले केरल में और एक एक राजस्थान और दिल्ली से सामने आए हैं भारत ने नोवल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन से बचाव की दृष्टि से आठ देशों के नागरिकों के सभी नियमित वीजा और ई वीजा निलंबित कर दिये हैं ये देश हैं फ्रांस जर्मनी स्पेन चीन इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है और अनावश्यक विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी गई है अभी तक द्निया के एक सौ से ज्यादा देशों में कोविड नाइन्टीन के मामलों की सूचना मिली है परामर्श में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उडानों से भारत लौटने वाले समी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना चाहिए और एहतियाती उपाय बरतने चाहिए चीन हांगकांग दक्षिण कोरिया जापान इटली थाइलैंड सिंगापुर ईरान मलेशिया फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा कर चुके लोगों को भी लौटने के बाद चौदह दिन तक अलंग थलग रहने का परामर्श दिया गया है रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाइक ने आश्वासन दिया है कि भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को योग्यता अन्भव विशेषज्ञता और संगठन की आवश्यकता के आधार पर स्थायी कमीशन देने को उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए सरकार वचनबद्ध है आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री नाइक ने बताया कि एक सी परिस्थितियों में पुरूष अधिकारियों के मुकाबले ऐसी महिला अधिकारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा बाद में तय की जायेगी और अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता उन्होंने यह भी बताया कि यह व्यवस्था लागू करने के बारे में विवरण तैयार किया जा रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सैल के माध्यम से लेवल एक सहित समूह ग के पदों के लिए एक लाख सैंतालिस हजार छह सौ बीस उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे अखिल भारतीय संगठन है और देश भर के उम्मीदवार विज्ञापनों के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं कल रंगों का त्यौहार होली आपसी भाईचारे के साथ मनाई गयी कुछ स्थानों पर हास्य व्यंग कवि सम्मेलनों के आयोजन किये गये हैं उधर मथुरा में आज बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया दाऊ जी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है फाड़े गये कपड़ों से कोड़े बनाकर उन्हें रंगों में भिगो कर होली खेली जाती है होली के त्योहार पर पुलिसकर्मी सुरक्षा कार्यो में व्यस्त रहने के चलते होली नहीं खेल पाते इसलिए होली के अगले दिन आज प्रदेश के सभी पुलिस ्थानो और पुलिस लाइन्स में होली का आयोजन हुआ